आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में पांच लाख से ज्यादा परिवार कवर हो रहे हैंआमजन को भी लाभ मिल रहा है

स्लग विधानसभा सत्र उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी चार दिसंबर से शुरु होगा सत्र के दौरान चालू वित्तीय वर्ष का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा सत्र तीन दिन तंक चलने की संभावना है

इसके अलावा एक विधेयक आने की भी संभावना है सत्र के बारे में जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि पहले दिन प्रश्नकाल के बाद दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को श्रधाजंलि दी जाएगी उसके बाद अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की ओर से अधिसूचना जारी की जा चुकी है वहीं सरकार ने भी अनुपूरक बजट के लिए तैयारी शुरू कर दी है वित्त विभाग सभी महकमों को आदेश जारी कर अनुपूरक बजट की मांग के लिए प्रस्ताव मांग चुका है स्लग दीक्षांत समारोह प्रदेश की राज्यपाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति बेबी रानी मौर्य ने कहा कि विश्वविद्यालय ने अपने क्रियाकलापों में नवाचार और संरचनात्मक परिवर्तन कर क्षेत्र में उच्च शिक्षा को एक नई दिशा और आयाम दिये हैं उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकी से शिक्षा के सभी पाठयक्रमों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है

उन्होंने कहा कि ऐसा ज्ञान जो समाज के साथ साझा न किया जाए वह अर्थहीन हो जाता है उन्होंने उम्मीद जताई कि विद्यार्थी अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता देश के विकास मे लगाएंगे

इससे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम प्रासंगिक बने रहेंगे इस मौके पर उन्होंने संस्कृति साहित्य फिल्म क्षेत्र में ख्याति अर्जित करने वाले प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी को डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया

उपाधि के साथ इस बार जागेश्वर मंदिर की प्रतिमूर्ति भी प्रतीक चिन्ह के रूप में दी गई कार्यक्रम में प्रचलित गाउन के स्थान पर जैकेट काली टोपी और मफलर पहन कर एकेडमिक शोभा यात्रा निकाली गई इसी पोशाक में लोग शोध उपाधियां व मेडल लेने पहुंचे स्लग नमामि गंगे बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा करने निर्देश दिये हैं देहरादून में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे के तहत सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर सिंचाई वैपकॉस और वन विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यो की विस्तार से समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये की रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट के तहत किये जा रहे कार्यों को तालमेल बनाकर किया जाए ताकि भविष्य में निर्माण कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न हो

बैठक में उन्होंने सभी संबंधित विभागों को जिला योजना के अंतर्गत व्यय बढ़ाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि जिला योजना में प्राप्त धनराशि से किये जाने वाले निर्माण और अन्य कायों की प्रगति में गति लाने के साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि निर्माण कार्य गुणवत्ता युक्त होने चाहिए उन्होंने लोक निर्माण विभाग जल निगम जल संस्थान और आयुर्वेदिक विभाग के कम खर्च करने पर नाराजगी जताई उन्होंने कार्यप्रणाली में सुधार लाने के भी निर्देश दिये मुख्य विकास अधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी को मनरेगा से खर्च बढ़ाने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि बीस सुत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले कार्यो के सत्यापन के लिए गठित जिला टास्क फोर्स प्रत्येक महीने लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए सत्यापन का कार्य करें स्लग आयुष्मान भारत योजना प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है

देहरादून में आयुष्मान भारत के तहत पैनल में शामिल अस्पताल स्वामी विवेकानंद नेत्रालय में ईलाज करा रहे कई मरीजों ने और उनके तीमारदारों ने अपने अनुभव साझा किए सभी ने इस योजना की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया

स्लग तबादले प्रदेश सरकार ने बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारियों के तबादले किये हैं कुमाऊं मंडल आयुक्त राजीव रौतेला को मुख्यमंत्री के सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है राज्यपाल के सचिव आरके सुधांश् को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है सूचना महानिदेशक दीपेंद्र कुमार चौधरी को आबकारी आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है डी सेंथिल पांडियान को पंचायती राज सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है पर्यटन सचिव प्रभारी दिलीप जावलकर को नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव प्रभारी का पद दिया गया है प्रमुख सचिव आनंद वर्धन को भी गृह विभाग से मुक्त करते हुए प्रमुख सचिव आबकारी की जिम्मेदारी दी गई है वहीं नितेश झा को सचिव गृह कारागार का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है